उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में देवताओं की आड़ में किए जा रहे ऐसे कायों पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा इस बीच इस मामले में एक जांच कमेटी गठित की गई है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कल मंडी जिले केसरकाघाट से नवाही माता मंदिर तक गाँधी संकल्प यात्रा निकाली उन्होंने कहा कि गाांधी जी अंहिसा के पुजारी थे और पूरे विश्व को उन्होंने जो संदेश दिया है आज विश्व उसकी अनुपालना कर रहा है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता से किए सभी वायदे एक साल से पहले ही पूरे कर दिए है उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में चल रहे अनेक विकास कार्यों को और गति प्रदान की जाएगी

ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि नवीन व सरलीकृत चयन प्रक्रिया के तहत पूर्व सैनिकों को बार बार भर्ती के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे लोक प्रसारण दिवस लोक प्रसारण दिवस के अवसर पर कल शाम दिल्ली स्थित आकाशवाणी के प्रसारण भवन के परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने राष्ट्र के लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की उन्होंने गांधीयन फिलोस्पी में राष्ट्रीय वार्षिक प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने के लिए आकाशवाणी शिमला को लोक सेवा प्रसारण पुरस्कार की घोषणा की है कवि सम्मेलन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में राष्ट्र चिंतन विषय पर कल शिमला में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रोफैसर एसपी बंसल ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया कवि संगम के अध्यक्ष शक्ति चंद राणा ने बताया कि युवाओं व साहित्यकारों को बेहतर मंच प्रदान करने और युवाओं में कविताओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया गया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड में बढ़ौतरी हुई है

केलंग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात जबकि मध्य पर्वतीय इलाकों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंडी में वृद्ध महिला से हुए अभद्र व्यवहार संबंधी की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं वृद्धा से कूरता मामले में जांच कमेटी गठित आरोपियों की जमानत याचिका रद्द जेल भेजे दैनिक जागरण का शीर्षक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी वृद्धा कूरता पर मामला दर्ज

अमर उजाला के शब्द हैं रेणुका मेले में देवताओं का नजराना किया दोगुना

हिमाचल में लटका मंत्रिमंडल विस्तार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है मुख्यमंत्री बोले दिल्ली दौरे में नहीं हुई चर्चा पर खुशखबरी जल्द आएगी आपका फैसला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के हवाले से खबर को सुर्खी दी है निवेश के लिए जुमीनी स्तर पर करना होगा काम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भीड़ जुटाने से नहीं आता निवेश अजीत समाचार ने गुरू नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले लिखा है गुरू जी ने विश्व में भाईचारे का संदेश दिया